पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ उन्तीस नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर बीस हजार नौ सौ पचास पहुंची रांची जमशेदपुर धनबाद और पलामू में कोरोना जांच को लेकर सत्रह अगस्त से चलेगा विशेष अभियान चार्लीस हजार नमूनों की जांच का है लक्ष्य राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी रांची में झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का करेंगी अनावरण

यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा राष्ट्रपति के संबोधन का दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी रांची से आज शाम सात बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम छह बजकर चालीस मिनट पर प्रसारित किया जाएगा जबकि जिले में आजकल का प्रसारण आज नहीं किया जाएगा राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ उन्तीस नए कोरोना पॉजिटीव मिले हैं इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार नौ सौ पचास हो गई है इनमें से तेरह हजार तेरह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या सात हजार सात सौ अठाईस रह गई है कोरोना से कल पांच लोगों की मौत हो गई इसी के साथ राज्य में मृतकों की कुल संख्या दो सौ नौ हो गई है वहीं दूसरी ओर कल छह सौ एक लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है कल मिले नए कोरोना संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के एक सौ अढ़तीस धनबाद के उन्यासी रांची के अठहतर सरायकेला के तिरपन गुमला के तेरह सहित अन्य जिलों के संक्रमित शामिल हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि खाद्य पदार्थ या पैकेजिंग से कोरोना वायरस के फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रेयॉन ने जेनेवा में बताया कि लोगों को खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग या खाद्य पदार्थों की डिलीवरी से डरना नहीं चाहिए क्योंकि इनसे कोरोना वायरस फैलने को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव ने कहा कि चीन ने हजारों पैकेजों की जांच की है और उनमें से बहत कम केवल दस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं राज्य सरकार ने सत्रह और अठारह अगस्त को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है इसे लेकर रांची जमशेदपुर धनबाद और पलामू के शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर चालीस हजार नमूनों की जांच की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि इन चारों शहरों से कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं इसलिए यहां रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्यभर में मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के पकड़े जा रहे हैं उनको पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाया जा रहा है रांची पुलिस ने कल विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर जुर्माने की वसूली की वहीं दूसरी ओर गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से भी अभियान चलाया गया इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों चार पहिया वाहन में घूमने वाले सहित अन्य लोगों से सताईस हजार का जुर्माना वसूला गया गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से अब तक लगभग एक लाख रुपये का फाइन वसूला गया है हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इस कारण सदर थाना को दोबारा सील किया गया है

इसके अलावा अबतक इचाक विष्णुगढ़ बरही कोर्रा बड़ा बाजार ओपी में भी कोरोना संक्रमित मिलने से सील किया जा चुका है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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय नीति में संशोधन करेगी प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में कल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं श्री सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति में क्या बदलाव हो सकता है इसकी समीक्षा की जाएगी वर्तमान स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्य कमिटी बनाने का फैसला लिया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड के नए प्रतीक चिह्न का अनावरण करेंगी आज दोपहर बारह बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने अपना नया प्रतीक चिह्न तैयार किया है इसपर कैंबिनेट की भी स्वीकृति ले ली गई है हालांकि इसमें कृछ बदलाव भी किए गए हैं

बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करने का आदेश दिया है उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने का निर्देश दिया है श्री सिंह कल शाम मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बागवानी योजना के तहत पौधारोपण का कार्य बरसात रहते ही पूरा कर लेने का भी निर्देश दिया पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों को ढूढ़ने के लिए नई पहल की जा रही है बाघ देखे जाने की सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए बहुत करीब से इस नीति के बनने की प्रक्रिया को देखा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत को आगे ले जाएगी उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी स्कूली प्रणाली में नहीं आते उनको भी इस प्रणाली में लाने का प्रयास किया गया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस समय करीब तीन करोड़ छात्र महाविद्यालय प्रणाली में हैं और नई शिक्षा नीति के तहत इस संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि अभी स्कूलों से निकलने वाले हर चार में से एक विद्यार्थी कॉलेज जाता है और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि स्कूलों से निकलने वाले हर चार विद्यार्थियों में से दो महाविद्यालयों तक पहंचें उन्होंने कहा कि इस नीति में उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार पर जोर दिया गया है इस वेबिनार का आयोजन विद्यापीठ विकास मंच राष्ट्रीय युवा सहकारी सोसाइटी और पुणे विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भारत का नया करदाता चार्टर नाम से प्रदर्शित किए जा रहे एक दस्तावेज को असत्य बताया है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दस्तावेज सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित किया जा रहा है वह वास्तव में किसी अन्य देश का करदाता चार्टर है भारत का नहीं है

खेल मंत्रालय कल से दो अक्तूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है देश भर में आयोजित किये जाने वाला यह कार्यक्रम अपनी तरह का अनूठा आयोजन है खेल मंत्री किरेन रिजिज् आज इस आयोजन की शुरुआत करेंगे देश में कोरोना महामारी के प्रकोप और आपसी दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों के अनुसार सरकार ने इस दौड़ के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के स्थान और समय पर अपनी ही रफ्तार से दौड़ लगाने को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है इतना ही नहीं वे इस अवधि के दौरान रुक रुक कर कई दिन दौड़ लगा सकते हैं इस दौरान उन्होंने कितनी दूरी तय की यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस वाली घड़ी पहन कर या दूरी का सामान्य रूप से आकलन करके पता लगाया जा सकता है

संक्षिप्त खबरें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है अब धौनी आईपीएल के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकेंगे आईपीएल में शामिल होने से पहले सभी खिलाड़ियों को कोरोना जांच कराने का निर्देष दिया गया था झारखंड के किसानों की ऋण माफी को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल नेपाल हाऊस सचिवालय में बैठक की इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयकर सिस्टम में सुधार की घोषणा के साथ ईमानदार करदाताओं के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की शुरूआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है टैक्स सिस्टम में सुधार करदाताओं को तीन बड़े अधिकार शीर्षक से खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने करादाताओं को आयकर दफ्तर के चक्कर से मुक्ति शीर्षक से खबर प्रकाशित किया है जबकि रांची एक्सप्रेस ने इस खबर का शीर्षक संरचनात्मक सुधारों का सिलसिला नए पड़ाव पर लगाया है बीएस फोर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर उच्चतम न्यायालय की अनुमति की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है इकतीस मार्च तक खरीदे गए बीएस फोर वाहनों का हो सकेगा रजिस्ट्रेशन झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को राजभवन द्वारा वापस लौटाने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राजधानी रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित की बाथरूम में गिरकर मौत की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है